मूख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रतिदिन एक लाख कोरोना जांच का दिया निर्देश

पांच हजार से अधिक लोगों को मिलेंगे रोजगार कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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 सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं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 मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें कोरोना से बचाव को लेकर आज से देशव्यापी जागरूकता अभियान शुरू हो गया है इसके तहत चौदह अप्रैल तक लोगों को महामारी की रोकथाम के बारे में जानकारियां दी जायेंगी अभियान में सभी को मास्क पहनने व्यक्तिगत स्वच्छता और सार्वजनिक स्थानों और अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं पर जोर दिया जाएगा पिछले दिनों हुई एक उच्चस्तरीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि कोविड से निपटने में समाज को जागरूक बनाने में सभी की भागीदारी सुनिश्चित करना जरूरी है उन्होंने समाज में महामारी को लेकर जागरूकता पैदा करने और इससे निपटने में जनभागीदारी को आवश्यक बताया था केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों से कोविड संबंधी एहतियातों का कड़ाई से पालन करने की अपील की है

देश में कोविड महामारी के मामलों में भारी बढ़ोतरी से उत्पन्न स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आठ अप्रैल को बिहार सहित सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो काफ्रेंस के माध्यम से बैठक करेंगे इसमें प्रधानमंत्री टीकाकरण से संबंधित मुद्दों पर भी मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों और टीकाकरण की स्थिति को लेकर सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ विडियो कांफ्रेंस के माध्यम से समीक्षा बैठक करेंगे पटना में संवाददाताओं से बातचीत में श्री कुमार ने कहा कि बढ़ रहे संक्रमण को देखते हुए प्रत्येक दिन एक लाख नमूनों की जांच के निर्देश दिये गये हैं उन्होंने बताया कि अधिकारियों को अधिक से अधिक आरटीपीसीआर जांच करवाने को कहा गया है श्री कुमार ने लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की

इसमें सबसे अधिक चार सौ बत्तीस मामले पटना से सामने आये हैं जहानाबाद से तिरसठ तथा पूर्णिया समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर से बत्तीस बत्तीस मामले सामने आये हैं अन्य जिलों से भी पॉजिटिव मामले दर्ज किये गये हैं प्रदेश में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या चार हजार एक सौ तैंतालीस है स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल तीन सौ उनचास मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गयी वहीं इसी अवधि तीन मरीजों की मौत के साथ ही मृतकों का आंकड़ा बढ़कर एक हजार पांच सौ छियासी हो गया है राज्य में कोविड से स्वस्थ होने की दर संतानवे दशमलव आठ सात प्रतिशत है प्रदेश में कोरोना टीकाकरण की रफ्तार तेज हो गयी है कल रिकार्ड दो लाख सत्तासी हजार पांच सौ छिहत्तर लोगों को कोविड से बचाव के टीके दिये गये अब तक अड़तीस लाख दो हजार सतावन लोगों का टीकाकरण हो चुका है जिसमें तैंतीस लाख सत्रह हजार नौ सौ चार लोगों को पहली डोज जबकि चार लाख चौरासी हजार एक सौ तिरपन लोगों को दूसरी डोज दी गयी स्वास्थ्य मंत्रालय ने नया दिशा निर्देश जारी कर कहा है कि कोविड टीका लगवाने से वास्तव में छूट गए स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को लिए पंजीकरण सुविधा केवल सरकारी कोविड टीकाकरण केंद्र पर उपलब्ध होगी केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सचिवों को पत्र लिखा है इसमें कहा गया है कि अठारह से चौवालीस वर्ष की आयु के स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कर्मियों को टीकाकरण केंद्र पर पंजीकरण करवाने के लिए अपेक्षित दस्तावेज जमा कराना अनिवार्य होगा इससे पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक पत्र में कहा था कि स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कर्मियों के लिए कोविड टीकाकरण का कोई नया पंजीकरण नहीं होगा कुछ टीककरण केंद्रों पर अपात्र लाभार्थियों द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कर्मियों के पंजीकरण करावाने की जानकारी मिलने के बाद यह पत्र जारी किया गया था केन्द्र सरकार ने मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में मेगा फूड पार्क की स्थापना को मंजूरी दे दी है केन्द्रीय कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर और राज्य के उद्योग मंत्री सैय्यद शाहनवाज हुसैन ने नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी श्री तोमर ने कहा कि इस फूड पार्क में चार सौ करोड़ रूपये से अधिक का निवेश होगा और इससे पांच हजार से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे

इसके अंदर लगभग तीस औद्योगिक इकाइयां स्थापित होंगी इस अवसर पर राज्य के उद्योग मंत्री सैय्यद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार में औद्योगिक क्रांति की शुरूआत हो चुकी है और जल्द ही इस क्षेत्र में नया अध्याय लिखा जायेगा

पटना में संवाददाताओं से बातचीत में श्री कुमार ने कहा कि इस हत्याकांड में जो भी दोषी पाये जायेंगे उन पर स्पीडी ट्रायल चलाकर सख्त कार्रवाई होगी

पटना उच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में कहा है कि बिना अनुशंसा के हटाना गैर कानूनी माना जायेगा न्यायमूर्ति ए के उपाध्याय की एकलपीठ ने एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश सुनाया है पीठ ने पंचायती राज कानून का हवाला देते हुए कहा कि इसमें लोक प्रहरी की भूमिका होने के बावजूद आज तक इस संस्था का गठन नहीं किया गया है जो एक गंभीर मामला है मैट्रिक की कॉपियों की स्क्रूटनी के लिए ग्यारह अप्रैल से आवेदन लिये जायेंगे इच्छुक छात्र सत्रह अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं इसके लिए प्रति विषय सत्तर रूपये की दर से शुल्क देना होगा इधर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक परीक्षा के टॉपरों को सम्मानित करने की घोषणा की है स्टेट टॉपरों को एक लाख रूपये दूसरे स्थान पर रहने वाले को पचहत्तर हजार जबकि तीसरे स्थान पर रहने वाले परीक्षार्थियों को पचास पचास हजार रूपये दिये जायेंगे सभी टॉपरों को एक एक लैपटॉप और एक एक ई ब्रक भी प्रदान की जायेगी कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत अधिक से अधिक कार्यदिवस सृजित करने का अधिकारियों को निर्देश दिया है

उन्होंने कहा कि इच्छुक कामगारों को मनरेगा के तहत काम उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है राजधानी पटना समेत प्रदेश के कई जिलों में कल रात आठ बजकर पचास मिनट पर भूकंप के झटके महसूस किये गये सीमांचल के जिलों पूर्णिया किशनगंज और अररिया में तेज झटके महसूस किये गये मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के निदेशक विवेक सिन्हा ने बताया कि भूकंप की तीव्रता रेक्टर स्केल पर पांच दशमलव चार रही उन्होंने बताया कि भूकंप का केन्द्र भारत भूटान की सीमा पर सिक्किम के आस पास था भूकंप से जान माल के नुकसान की खबर नहीं है इधर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भूकंप के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से टेलीफोन पर बात कर स्थिति की जानकारी ली प्रबा हवा के प्रभाव से प्रदेश भर के तापमान में दो डिग्री सेल्सियस तक की कमी आयी है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के वैज्ञानिक अमित सिन्हा ने बताया कि अगले कुछ दिनों तक मौसम में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है प्रदेश में पिछले चार दिनों के अंदर दो हजार आठ सौ निन्यानवे शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया है पुलिस मुख्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस अवधि में पांच हजार दस मामले दर्ज किये गये और साढ़े चार लाख लीटर शराब जब्त की गयी दो सौ अंठावन चरपहिया और पांच सौ ग्यारह दोपहिया वाहन भी जब्त किये गये अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने मैट्रिक परीक्षा परिणाम के प्रकाशन से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान ने लिखा है एक सौ एक टॉपरों में इकहत्तर गांव और कस्बों के छात्र दैनिक भास्कर ने इसी खबर को सुर्खी बनाते हुए लिखा है पिछले बार से दो दशमलव चार दो प्रतिशत गिरा रिजल्ट अठहत्तर दशमलव एक सात प्रतिशत परीक्षार्थी पास दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से लिखा है अब हर रोज एक लाख कोरोना जांच प्रभात खबर की सुर्खी है कल पीएम मोदी करेंगे परीक्षा पे चर्चा आज और राष्ट्रीय सहारा समेत सभी समाचार पत्रों ने मुजफ्फरपुर में मेगा फूड पार्क की मंजूरी की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है और अब अंत में मुख्य समाचार कोरोना से बचाव को लेकर आज से जागरूकता अभियान शुरू

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रतिदिन एक लाख कोरोना जांच का दिया निर्देश

पांच हजार से अधिक लोगों को मिलेंगे रोजगार